बस्तर संभाग के नारायणपुर कांकेर सुकमा और बीजापुर जिलों में तेंद्रपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान किया जाएगा

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के चौदह नगर निगम क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट के लिए कुल उनचास केन्द्र बनाए गए हैं इन केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति दिन या रात में किसी भी समय जाकर कोरोना की जांच करा सकेंगे इसके तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ग्यारह और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में दस जांच केन्द्र संचालित किए जाएंगे वहीं भिलाई नगर निगम में पांच केन्द्रों के अलावा दुर्ग राजनांदगांव रायगढ़ कोरबा और अंबिकापुर नगर निगम में तीन तीन जांच केन्द्र बनाए गए हैं इसी तरह चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम में दो दो और बिरगांव धमतरी भिलाई चरोदा तथा रिसाली में एक एक जांच केन्द्र संचालित किए जाएंगे

इस प्रयोगशाला में कोरोना मरीजों के लिए आरटी पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इस लैब का शुभारंभ किया इस मौके पर सांसद ज्योत्सना महंत और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे इस नये लैब को मिलाकर अब प्रदेश की ग्यारह शासकीय प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है कोरबा जिला अस्पताल परिसर में स्थापित इस लैब में प्रतिदिन एक हजार नमूनों की जांच की जा सकेगी हालांकि पहले चरण में हर दिन पांच सौ नमूनों की जांच के साथ इसे शुरू किया गया है इस लैब में कोरबा के साथ गौरेला पेण्ड्रा मरवाही और जांजगीर चांपा जिले के मरीजों के नमूनों की भी जांच की जाएगी कोविड टीका टीका वेबपोर्टल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच अंतर छह से आठ सप्ताह से बढ़ाकर बारह से सोलह सप्ताह कर दिया गया है इधर छत्तीसगढ़ में अट्ठारह से चवालीस वर्ष के नागरिकों के टीकाकरण के लिए सीजी टीका पोर्टल को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस वेबपोर्टल के शुरू होने के चौबीस घंटों के भीतर ही आज दोपहर तीन बजे तक बहत्तर हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया इसके जरिए पात्र नागरिकों को उनके टीका लगने के समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी जिन हितग्राहियों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे नागरिकों के लिए पंचायत और नगरीय निकाय के मुख्यालयों तथा नगर निगमों के दफ्तरों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे इस बीच राज्य में अट्ठारह से चवालीस वर्ष के उम्र वाले तीन लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है वहीं रायपुर केंद्रीय जेल में कल साठ कैदियों को कोरोना का टीका लगाया गया ब्लैक फंगस छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण भी सामने आ रहे हैं राज्य में अब तक ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के करीब ग्यारह मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से भिलाई के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है यह युवक शुगर सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित था रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद काफी हद तक ठीक होने पर यह युवक भिलाई स्थित अपने घर लौट गया था लेकिन एक बार फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी और भिलाई के सेक्टर नौ अस्पताल में कल इस युवक की मौत हो गई वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया है उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में इसके इलाज के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं

चिकित्सकों के अनुसार ब्लैक फंगस होने पर सिर दर्द बुखार आंखों में दर्द नाक बंद साइनस और देखने की क्षमता में कमी आना जैसे लक्षण दिखते हैं कोरोना समाचार प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दस हजार से अधिक नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या आठ लाख तिरासी हजार से ज्यादा हो गई है वर्तमान में लगभग एक लाख बाईस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक सौ तिरपन लोगों की मृत्यु हुई है वहीं भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और सीसीएफ और अचानकमार टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय संचालक अनिल सोनी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है श्री सोनी बीते करीब इक्कीस दिनों से बीमार थे और बिलासपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था इस बीच राज्य में संक्रमण की दर दिनों दिन कम होती नजर आ रही है कल तक के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर घटकर चौदह प्रतिशत रह गई है कल पूरे प्रदेश में करीब इकहत्तर हजार से अधिक सैंपलों की जांच की गई जिनमें से दस हजार एक सौ पचास व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाए गए मुख्यमंत्री लॉकडाउन छूट लॉकडाउन की वजह से अभी राज्य में दवा दुकानों के अलावा केवल किराना और कृषि संबंधी दुकानों के साथ ही दोपहिया वाहनों के सुधार कार्य करने वाले दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन अब प्रदेश में अन्य अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी अलग अलग समय पर खोला जा सकेगा यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के चार जिलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये चर्चा के दौरान दी उन्होंने कहा कि कौन कौन सी दुकानें कब खुलेंगी इसका फैसला जिला कलेक्टर करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान किसी भी जगह भीड़ एकत्र न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में भी निर्देश दिए बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहा है इस बीच बलरामपुर जिले में लॉकडाउन तेईस मई तक बढ़ा दिया गया है जिला कलेक्टर श्याम कुमार धावड़े ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कोरोना जनसहयोग वहीं कोरोना संकट के इस दौर में मरीजों और जरूरतमंदों की मदद के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन और लोग सामने आ रहे हैं इसी कड़ी में रायगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड परिसर में कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ हुआ इस सेंटर में चालीस बेड ऑक्सीजन वाले और चालीस बेड सामान्य है उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जिंदल समूह के इस सहयोग की सराहना की वहीं बिलासपूर के रतनपुर के लक्ष्मीदेवी मंदिर परिसर में भी जनसहयोग से तीस बिस्तरों वाला महामाया कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हो गया है जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने इस कोविड सेंटर का जायजा लिया वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान ने इस कोविड सेंटर में और अधिक सुविधाओं के लिए इक्कीस हजार रूपये की नगद राशि प्रदान की इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विश्रामपुर के व्यवसायियों और पेट्रोल पम्प गैस एजेंसी संघ द्वारा कोविड मरीजों के उपचार के लिए दस ऑक्सीजन सिलेंडर दान किए गए हैं इससे पहले वाड्रफनगर के व्यवसायी जयप्रकाश जायसवाल और खुर्शीद खान ने भी आठ ऑक्सीजन सिलेंडर दान किए थे इसी तरह अंबिकापुर में भी निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है

इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन विधानसभा भवन मुख्यमंत्री निवास मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास तथा नये सर्किट हाउस भवन के निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इसके साथ ही सेक्टर उन्नीस में नये विधानसभा भवन के निर्माण के लिए करीब दो सौ पैंतालीस करोड़ और एक सौ अट्ठारह करोड़ रूपये के कार्यों के लिए पूर्व में जारी निविदाएं भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में आठवीं किस्त जारी करेंगे इसके तहत उन्नीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि नौ करोड़ पचास लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे माओवादी कोरोना संक्रमण कांकेर जिले में कोरोना पॉजीटिव होने के बाद एक माओवादी दंपत्ति ने संगठन छोड़ने का फैसला लेते हुए पुलिस से संपर्क किया इसके बाद पुलिस ने इस दंपत्ति को कांकेर के कोविड अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया है जिले के पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने बताया कि इस माओवादी दंपत्ति के स्वस्थ होने के बाद आत्मसमर्पण की कार्रवाई की जाएगी इधर कबीरधाम जिले में भी सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है लेकिन कोरोना जांच में दोनों ही माओवादी पॉजीटिव पाए गए हैं इन माओवादियों को इलाज के लिए कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है वहीं दंतेवाड़ा पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इसके पास से पांच किलो वजनी टिफिन बम भी बरामद किया गया है कुआंकोंडा थाना क्षेत्र के फूलपाड़ के जंगलों में घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने इस माओवादी को गिरफ्तार किया बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र से भी सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है उधर नारायणपुर जिले के नेरनार गांव में बीती रात माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी

इसके तहत बस्तर संभाग के नारायणपुर कांकेर सुकमा और बीजापुर जिले के तेंद्रपत्ता संग्राहकों को उनकी पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान किया जाएगा इस संबंध में वन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री से तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का नगद भुगतान किए जाने का आग्रह किया गया था बस्तर संभाग के चार जिलों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहां के संग्राहकों को नगद भुगतान करने का फैसला लिया गया राज्यपाल वेबीनार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के इस दौर में सभी का सामुहिक दायित्व और कर्तव्य है कि वे एकजुट होकर इस संकट से उबरने की कोशिश करें एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा कोविड के खिलाफ लड़ाई और निकट भविष्य में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित वेबीनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संकट का यह दौर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बचाने का प्रयास करने का है उन्होंने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं परीक्षा कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग ने सत्ताईस जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है परीक्षा का आयोजन अब दस अक्टूबर को किया जाएगा इस बीच दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई हैं इन परीक्षाओं के लिए पंद्रह मई से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी वहीं परीक्षार्थियों को अगर प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी होती है तो वे विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इन परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका जमा करने के संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे इस बीच कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य ओपन स्कूल की कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं ये परीक्षाएं चौबीस मई से शुरू होने वाली थी स्कूल सचिव की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन परीक्षाओं की नई समय सारिणी बाद में जारी की जाएगी मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड चलने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दो दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई इस दौरान राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान उन्नीस डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में और सबसे अधिक तापमान उनतालीस डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया

उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों से ही नमाज अदा करने और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है

इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी इकतीस मई तक दी जा सकती है